मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा भाजपा नहीं करती जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति में विश्वास

नालागढ़ आरटीओ दस लाख नकद रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार अधिसूचना निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी कर दी

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि भाजपा जातिवाद और क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं रखती तथा पार्टी का एकमात्र उद्देश्य देश व प्रदेश का सर्वागीण विकास है मुख्यमंत्री आज मनाली में मनाली भाजपा मंडल अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि कांग्रेस अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में भाजपा के खिलाफ भ्रांतियां और गलत प्रचार करती थी लेकिन जनता कांग्रेस की इस चाल को समझ गई है आज भाजपा के अधिकतर समर्थक व कार्यकर्त्ता अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं यही नहीं भाजपा में अधिकतर सांसद और विधायक भी अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले हैं मुख्यमंत्री ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर पेँशन के नाम पर प्रदेश के बुजुर्गो से भद्दा मजाक करने का आरोप भी लगाया

पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टी हाईकमान के इस फैसले की पुष्टि करते हुए आज शिमला में कहा कि इन नेताओं को आगामी दो वर्षो तक पार्टी में कोई पद नहीं दिया जाएगा उन्होंने यह भी कहा कि जिन नेताओं ने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ा है उनकी घर वापसी आवेदन पर फैसला अलग से गुण दोष के आधार पर लिया जाएगा डीसी शिमला भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजेश्वर गोयल ने आज शिमला के उपायुक्त के रूप में कार्यभार संभाल लिया इस मौके पर गोयल ने कहा कि उनकी प्राथमिकता लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष स्वतंत्र और पारदर्शी ढंग से सम्पन्न करवाना है उन्होंने कहा कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श चुनाव आचार संहिता का अक्षरशः पालन सुनिश्चित बनाया जाएगा उन्होंने जिले के सभी अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पूर्ण रूप से अनुपालना करने को भी कहा है डीसी सिरमौर सिरमौर के उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी ललित जैन ने कहा है कि चुनाव आचार संहिता से जुड़ी शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए उपायुक्त कार्यालय में विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है जिला योजना अधिकारी अनुज शर्मा को प्रकोष्ठ का नोडल अधिकारी बनाया गया है उपायुक्त ने यह भी कहा कि जिला में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विभिन्न समितियों का गठन कर दिया गया है आग्रह राज्य महिला व बाल विकास निदेशालय ने प्रदेश में कार्यरत सभी मीडियाकर्मियों से आग्रह किया है कि वे बाल पीड़ितों से संबंधित समाचार प्रेषित व प्रकाशित करते समय विभिन्न अधिनियमों द्वारा निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित बनाएं

जागरूकता शिमला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्वीप गतिविधियों के तहत आज प्रदेश सचिवालय में नुक्कड़ नाटक और हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया सहायक निर्वाचन अधिकारी व एसडीएम शिमला शहरी नीरज चांदला ने बताया कि स्वीप गतिविधियों के तहत विभिन्न स्थानों पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर अभियान में लोगों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया देवेश कुमार प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने कहा है कि निर्वाचन साक्षरता क्लब और चुनाव पाठशालाएं राज्य के लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करेंगी

उन्होंने कहा कि निर्वाचन साक्षरता क्लब भावी वोटरों और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को मतदाता पंजीकरण तथा चुनावी प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं विजिलेंस राज्य विजिलेंस ने आज ऊना के मैहतपुर में आरटीओ नालागढ़ को दस लाख रुपए की नकद रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजिलेंस अनुराग गर्ग ने बताया कि आरटीओ नालागढ़ अपने खिलाफ चल रहे एक मामले को रफा दफा करने के लिए जांच अधिकारी को यह रिश्वत दे रहा था उन्होंने बताया कि इस संबंध में संबंधित आरटीओ ने पिछले कल ही जांच अधिकारी को संपर्क किया और उन्हें दस लाख रुपए की रिश्वत की पेशकश की इस पर संबंधित जांच अधिकारी ने अपने उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया और इसके बाद विजिलेंस ने आरटीओ को पकड़ने के लिए जाल बिछाया आरटीओ नालागढ़ रिश्वत के एक मामले में इन दिनों जमानत पर है और उसके खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति का भी मामला चल रहा है पुलिस ने आरोपी आरटीओ को गिरफ्तार कर लिया है केसर मिर्गी की बीमारी अब केसर से बनी दवा से ठीक हो सकेगी एचआईबीटी पालमपुर के निदेशक डॉ संजय कुमार ने बताया कि सीएसआईआर की प्रयोगशाला में केसर की खेती को लेकर किया गया शोध मिर्गी के दौरे को ठीक करने में कारगर पाया गया है इससे आने वाले दिनों में मिर्गी के दौरे से मरीजों को राहत मिल सकती है शोधकर्त्ताओं ने अपने शोध में पाया है कि केसर के पराग में ऐसे तत्व मौजूद है जो मिर्गी के दौरे को कम करने की क्षमता रखते हैं सीएसआईआर ने शोध कर हिमाचल तमिलनाडु और उत्तराखंड में इसकी खेती का सफल प्रयोग भी किया है अभी तक केवल जम्मू कश्मीर में केसर की खेती होती है बैठक किसान संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि किसानों की समस्याओं को लेकर तुरंत ठोस कदम उठाए जाए समिति की आज नारकंडा में हई बैठक में मांग की गई कि सरकार उन बागवानों को आढ़तियों से बकाया भुगतान को तुरंत दिलवाए जिन्हें अभी तक अपने पैसे नहीं मिले हैं समिति ने इस संबंध में एपीएमसी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की मांग की

बैठक की अध्यक्षता समिति के सचिव संजय चौहान ने की न्यू पैंशन प्रदेश न्यू पैंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव गुलेरिया और कांगड़ा जिला अध्यक्ष राजेंद्र मन्हास ने नई पेंशन स्कीम के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों को जिम्मेवार ठहराया है इन कर्मचारी नेताओं ने आज नूरपुर में एक संयुक्त ब्यान में कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों में न्यू पैंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारी केवल उसी पार्टी का समर्थन करेंगे जो पुरानी पैंशन स्कीम की बहाली के प्रति गंभीर होगी उन्होंने यह भी कहा कि इन दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता पुरानी पैंशन बहाली के मुद्दे को घोषणा पत्र में डालने की बात कर रहे हैं लेकिन कर्मचारी उनके झांसे में नहीं आने वाले लाहौल स्पीति लाहौल घाटी में महीनों बाद भी जनजीवन सामान्य नहीं हो पाया है इस साल सर्दियों में भारी बर्फबारी के चलते घाटी की अधिकांश सड़कें बंद हैं और संचार सेवाएं भी ठप्प हैं जिससे लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हमारे लाहौल स्पीति प्रतिनिधि कुंदन शर्मा के मुताबिक घाटी के लोगों को इस साल जितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उतना पहले कभी नहीं करना पड़ा घाटी के लोग सरकार से सड़क और संचार सेवाएं शीघ्र बहाल करने की मांग कर रह हैं

इस बीच प्रदेश सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग कल जनजातीय क्षेत्रों के लिए तीन हेलिकॉप्टर उड़ानें आयोजित करेगा पहली उड़ान भुंतर तिंदी उदयपुर भुंतर के बीच दूसरी उड़ान भुंतर किलाड़ चम्बा और तीसरी उड़ान चम्बा किलाड़ भुंतर के बीच भरी जाएगी कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने राज्य में केंद्रीय चुनाव आयोग के कड़े रूख की सराहनाकी है किमटा ने आज शिमला में एक ब्यान में उम्मीद जताई कि आयोग का ये कड़ा रूख आगे भी जारी रहेगा ताकि प्रदेश में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके उन्होंने कहा कि ईवीएम की सुरक्षा में ढील किसी भी स्तर पर सहन नहीं की जानी चाहिए